रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा से बातचीत में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि अगले दो तीन दिन में अलग अलग स्टेशनों के काउंटरों पर भी ब्रेकिंग सेवा बहाल की जाएगी श्री गोयल ने कहा कि आने वाले दिनों में और अधिक रेल सेवाएं उपलब्य होंगी

रेल मंत्री ने कहा है कि टिकट बुक करने के लिए सॉफटवेयर का इस्तेमाल करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है

यह रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल गाड़ियों के अतिरिक्त चलायी जाएंगी सभी ट्रेनों की समय सारिणी नियमित रेल सेवाओं के अनुसार होगी ट्रेन के ठहराव तथा संचालन दिन नियमित रेल सेवाओं के अनुसार होंगे इन रेलगाड़ियों में एसी और नॉन एसी कोच होंगे

इधर कोरोना संकमण अब श्रीगंगानगर जिले में भी पहुंच गया है

श्रीगंगानगर में कोरोना रोगी मिलने के बाद प्रशासन द्वारा सतर्कता बढा दी गई है इसके तहत जिले के भीतर संचालित होने वाली रोडवेज बसों के संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है वहीं जीरो मोबिलिटी जोन में रहने वालों के लिए अति आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति पुलिस जवानों के माध्यम से करवाई जा रही चिकित्सा विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्र में घर घर सघन सर्वे करने में जुटी है

जैसलमेर के पोकरण उपखंड के ओढनिया गांव में आज एक प्रवासी में संकमण की पृष्टि होने के बाद चिकित्सा विभाग की टीमें गांव में पहुंच गई हैं और पूरे इलाके को सैनेटाइज किया गया

यह चालक दवाई देने के लिए गांव आया था वहीं दौसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के दस गांवों में आईसीएमआर की टीमें एंटी बॉडी टैस्ट के लिए सैम्पल लेने पहंची गौरतलब है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारतीय लोगों में कोरोना से लड़ने की क्षमता को लेकर एक शोध कर रही है

प्रदेश में प्रवासियों के लौटने के बाद कोविड मरीजों की संख्या में काफी बढोतरी हुई है वहीं झालावाड़ जिले के अकलेरा उपखण्ड के थनावद गांव लौटे एक प्रवासी ने अपनी सजगता से कई अन्य लोगों को इस बीमारी से बचा लिया

उन्होंने बताया कि प्रवासी ने गांव में पहुंचते ही अपने आपको आइसोलेट कर लिया इससे न केवल वो खुद जल्दी स्वस्थ हुआ बल्कि पूरा गांव संक्रमण से बच गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट कर उन्हें श्रद्दाजंलि दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट में कहा है कि आज के दिन को आंतकवाद निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन हमे सभी तरह के आतंकवाद और हिंसा का विरोध करने का संकल्प लेना चाहिए प्रदेश में सभी जिलों में श्रद्वांजलि स्वरूप विभिन्न कार्यक्रम हुए करौली में सांकेतिक कार्यक्रम हुआ टोंक में कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण किया साथ ही ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता हुई बूंदी में सेवादल की ओर से श्रद्वांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया जैसलमेर में रक्तदान शिविर और श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ जिसमें कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद भी मौजूद थे झालावाड़ में विभिन्न स्थानों पर फल मास्क और सेनेटाइजर वितरित किए गए

सुबह से ही सूरज की तपिश लोगों को बेहाल करने लगी है वहीं लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं

वहां दिन में आंधी भी चली

प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए उनके सुझाव मांगे है